रात दस बजे के बाद पटाखा छोड़ने पर होगी कार्रवाई राज्य सरकार ने कहा निजी क्षेत्र में बकरीपालन करने पर भी मिलेगा अनुदान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने इसी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दिवाली का त्यौहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था

ये भी जरूर देखना कि दिवाली के दिनों में पटाखे वगैरह से कहीं आगजनी कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान न हो जाए आइए मिलजुल करके उमंग से उत्साह से नये सपने नये संकल्प के साथ हम त्यौहारों को भी मनाएं फिर एक बार बहुत बहुत श्रमकामनाएं मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्कों से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रकाशपर्व दीपावली आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य और देश के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है दोनों ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व हमें अंधकार से प्रकाश असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रकाश पर्व दीपावली को पारस्परिक सौहार्द्र सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं वहीं दीपावली पर्व को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं पीएमसीएच में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जहां पर जवानों की विशेष ड्यूटी लगायी गयी है पटना के अग्निशमन विभाग ने भी आग से बचाव के लिये बाईस जवान तैनात किये हैं प्रदेश में हरित और प्रदूषण मुक्त दीपावली को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने लोगों से उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार रात में आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे छोड़ने की अपील की है बाईट दीवाली खुशियों का त्योहार है और उजाले का त्योहार है हम सभी लोगों से यह अपील करते हैं कि वे दीवाली पर उजाला फैलायें और ज्यादा ज्यादा से दीये जलायें और पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करे या कोशिश करें की पटाखें न ही जलाये क्योंकि पटाखों से बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण होता है प्रदेश सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिये बिहार स्वच्छ ईंधन योजना लायेगी इसके अंतर्गत राज्य के सभी ऑटो और टैक्सियों को सीएनजी में तबदील किया जायेगा परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुराने ऑटो और टैक्सी को सीएनजी में बदलने के लिये यह योजना लायी जा रही है इस योजना में सरकार वाहन मालिकों को अनुदान भी देगी परिवहन सचिव ने बताया कि विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है इसे पहले राजधानी पटना और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस काम के लिये चार कंपनियों को लाईसेंस दिया गया है जिससे राजधानी में अब तक दो हजार ऑटो को सीएनजी में बदल दिया गया है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इकतीस अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जायेगी इसके भव्य आयोजन के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं

मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद और हावड़ा के बीच चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों को लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरों और संदेशों से सजाया जायेगा इन दोनों ट्रेनों के नये स्वरूप को सरदार पटेल की जयंती को लेकर समर्पित किया गया है राज्य में तापमान में कमी होने के बाद भी डेंगू के नये मरीजों का मिलना जारी है पटना के पीएमसीएच में एक सौ छप्पन नये मरीज कल भरती किये गये हैं वहीं मुंगेर जिला मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र के माधोपुर मुहल्ले में डेंगू से दो लोगों की मौत हो गयी सिविल सर्जन डॉ पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि मुंगेर सदर अस्पताल में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के पन्द्रह मरीज भर्ती किए गए हैं जिसमें से पांच मरीज स्वस्थ्य होकर घर लौट गए हैं शेष मरीजों का इलाज किया जा रहा है राज्य में निजी क्षेत्र में बकरीपालन फॉर्म की स्थापना करने वाले लोगों को अनुदान मिलेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत सौ बकरी और पांच बकरा तथा बीस बकरी और एक बकरा क्षमता वाले फॉर्म पर अनुदान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि बड़े फॉर्म की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे जबकि अन्य फॉर्म की स्थापना के लिए पशुपालन कार्यालय में आवेदन देना होगा श्री कुमार ने कहा कि इस योजना में सामान्य वर्ग के लोगों को पचास प्रतिशत जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति को साठ प्रतिशत का अनुदान मिलेगा उन्होंने कहा कि तीस दिनों के अंदर आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे राज्य की मिथिला चित्रकला की कलाकार शांति देवी झा का चयन राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान के लिये किया गया है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव पंकज राग ने जानकारी देते हुये बताया कि श्रीमती झा को यह प्रस्कार ग्यारह नवम्बर को दिया जायेगा पुरस्कार के अंतर्गत दो लाख रूपये की राशि दी जायेगी केंद्र सरकार ने चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये अस्सी साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान करने की सुविधा दी है पटना जिले के दीघा थाना क्षेत्र में बालू का अवैध खनन करने वाले आठ लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है जबकि ग्यारह नावों को जब्त कर लिया गया है पटना के दानापुर रेलवे हाई स्कूल मैदान में संपन्न हुयी तैंतीसवीं अम्बेदकर अंतर स्कूल एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में अमन कुमार सिंह कुंदन कुमार नीतीश कुमार प्रीयांशु राज अंजली कुमारी और तनु चतुर्वेदी ने अपने अपने वर्ग के सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया वहीं पंद्रह सौ मीटर की दौड़ में अभिषेक कुमार सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है चक्रवाती हवा के कारण राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान उन्नीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से होते हुये ओडिशा और उसके आसपास बना चक्रवाती हवा का प्रभाव अब कमजोर पड़ने लगा है जिसके कारण एक से दो डिग्री तापमान में वृद्धि होने की संभावना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम की खबर को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है पर्यावरण संरक्षण में नजीर बनेगा बिहार दैनिक जागरण ने शिवसेना ने मांगी पचास पचास पर गारंटी को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है अनंत सिंह ने कबूला मैंने कितनों को मारा याद नहीं प्रभात खबर ने गया में फल्गु नदी पर बनेगा रबड़ डैम को बड़ी सुर्खी दी है अखबार आज की बड़ी खबर है शिक्षकों की बहाली को बढ़ेगी आवेदन की तिथि

रात दस बजे के बाद पटाखा छोड़ने पर होगी कार्रवाई राज्य सरकार ने कहा निजी क्षेत्र में बकरीपालन करने पर भी मिलेगा अनुदान